फिलहाल राज्य के कोविड अस्पतालों में रोगियों के उपचार के लिए अठहत्तर हजार तैंतीस बिस्तरों की व्यवस्था है मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड नाइन्टीन की जांच की क्षमता को प्रतिदिन बढ़ाकर दस हजार करने के भी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में जांच हेतु प्रयोगशाला स्थापित करने के कार्य को समयदद्व ढंग से पूरा किया जाए श्री योगी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग के लिए प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी को नामित करने के भी निर्देश दिए लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आज लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कोविड अस्पतालों में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए और समी चिकित्सा उपकरणों की नियमित जांच हो उन्होंने सभी जनपदों में पी पी ई किट एन नाइन्टी फाइव मास्क सैनिटाइजर और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित बीस लाख करोड़ रूपये के विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत कम किराये वाले मकान उपलब्ध कराने की योजना पर भी कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि इससे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए स्टार्टअप कोष शुरू किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक समारोह में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को पन्द्रह करोड़ रुपए की पहली किस्त दी मुख्यमंत्री ने कोष की शुरूआत करते हुए कहा कि कृ पि स्वास्थ्य शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए नई स्टार्टअप उद्यम नीति समय की जरूरत है ताकि राज्य के य्वा इन उद्यमों से जुड़ सकें उन्होंने राज्य सरकार और सिडबी के बीच सहमति पत्र को इस दिशा में एक कदम बताया मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर राज्य में आए हैं और उन्हें उनकी क्शलता के आधार पर रोजगार दिया जाना चाहिए

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री और कार्मिक तथा प्रशिक्षण राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने बताया कि इससे संबंधित परिपत्र जारी कर दिया गया है और उम्मीद है कि विमिन्न मंत्रालय विभाग और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारें इसका पालन करेंगी उन्होंने कहा कि जो महिलाएं पहले से ही मातृत्व अवकाश पर नहीं है उन्हें भी कार्यालय आने से छूट रहेगी दिव्यांग कर्मचारियों को भी इसी तरह की छूट दी गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस से अब तक पैंतालिस हजार तीन सौ लोग ठीक हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर चालीस दशमलव तीन एक प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन हजार दो लोग स्वस्थ हए हैं पांच हजार छः सौ नौ नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या एक लाख बारह हजार तीन सौ उन्सठ हो गई है चौबीस घंटों के दौरान एक सौ बत्तीस मौतें हुई हैं अब तक की मौतों का आंकडा तीन हजार चार सौ पैंतीस है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रमाग अपने विशेषज्ञ राय कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन विषय पर अग्रणी चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है आकाशवाणी से बातचीत करते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पातल नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक एके वार्षणेय ने एक साथ अनेक बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को सावधानी बरतने को कहा कॉमोर्डिटी का मतलब है कि उनको पहले से ही काफी गंगीर बीमारियां हैं या जो बड़े बुजुर्ग हैं

तो यही हम बार बार कह रहे हैं जो ऐसे व्यक्ति हैं या जो मान लीजिए प्रेग्नेंट मदर हैं उनकी भी उस स्टेज में हालांकि वो स्वस्थ प्रन्नेती में इम्यूनिटी कम होती है तो ऐसे तोगों को बहुत ज्यादा साक्षानी रखने की जरूरत है जो मुल्युदर है वो इन तोगों में बहुत प्यादा है तो ये लोग ज्यादा साक्षानियां बरतें

इसका उद्देश्य देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों से जुड़ना है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है इक्कीस मई उन्नीस सौ इक्यानबे को आज ही के दिन चेन्नई के निकट श्रीपेरबद्र में आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज एक ट्वीट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्ण्यतिथि पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की विभिन्न मंचों पर प्रचारित की जा रही फर्जी खबरों पर अंक्श लगाने के लिए हम आपको तथ्यों से अवगत कराते रहे हैं इसी क्रम में केन्द्र सरकार ने व्हाट्स एप पर आ रही उन खबरों का खण्डन किया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि आयुष्मान योजना डॉट ओआरजी आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट है पत्र सुचना कार्यालय ने अपने ट्वीट में स्पष्ट किया है कि यह एक गलत खबर है कार्यालय के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कहा है कि पीएमजेएवाईं डॉट जीओवी डॉट इन ही आयुष्मान भारत योजना की एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट है